नोवल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरा देश आज जनता कर्फ्यू का पालन कर रहा है

इस दौरान सार्वजनिक परिवहन नहीं चल रहे हैं आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से संबंधित दुकानों को छोड़ कर सभी बाजार और दुकानें बंद हैं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय अपील में लोगों से आज जनता कर्फ्यू के दिन घरों से बाहर नहीं जाने को कहा था राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी दल गत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों से स्वेच्छा से जनता कर्फ्यू का पालन करने का आग्रह किया है

उन्होंने कहा कि कोरोना से उत्पन्न महामारी का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है उन्होंने कहा कि इस बीमारी में एहतियात बहुत महत्वपूर्ण है

शेष सभी लोग स्टेबल हैं तेजी के साथ उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम यह संख्या किसी भी स्थिति में न बढ़ने दें और इसके लिये हमें जनता कर्फ्यू जैसे कार्यक्रमों के लिये तैयार रहना होगा एवं मैं उन सभी प्रदेश वासियों का आहवान करूंगा कि हम सब इस अभियान का हिस्सा बनें

वह अभिनंदनीय है मैं साथ ही साथ जनता से यह अपील करूंगा कि वह इसमें घबरायें न बल्कि इसके खिलाफ लड़ें सरकार पूरी तरह से उनके साथ है हमने पहले भी कहा है कि किसी भी आवश्यक वस्तु की कमी हम प्रदेश के अंदर होने नहीं देंगे जिन्हें काम नहीं मिल पा रहा है उन्हें भरण पोषण की व्यवस्था और उनके लिये खाद्यान्न की व्यवस्था सरकार करायेगी उपचार इसके लिये निःशुल्क जांच निःशुल्क उपलब्ध करा दिये गये हैं हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अभी दो हजार से अधिक हमारे पास आईसोलेशन बेड हैं और हम लोगों ने आगामी दो दिन के अंदर इस लक्ष्य को दस हजार से ऊपर पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव के बीच अपनी सेहत की परवाह न करते हुये आम जन मानस की सेवा में संलग्न चिकित्सा कर्मीयों सफाई कर्मियों तथा पलिस कर्मियों क प्रति आभार प्रकट करते हुये लोगों ने अपने अपने आवास से आज शाम पांच बजते ही घंटा और शंख बजाकर उनकी हौसला आफजाई की बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरक्षपीठ मंदिर में घंटा बजाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेवाएं दे रहे लोगों का आभार व्यक्त किया राजनीतिक दलों के नेताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी जनता कर्फ्यू के दौरान लोगों की सहभागिता पर उनका आभार व्यक्त किया है बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी और ड्मरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आहवान पर प्रदेश के लोगों ने जनता कर्फ्यू के दौरान जिस अनुशासन के साथ अपना समर्थन दिया वह प्रशंसनीय है इसके लिये उन्होंने लोगों का आभार व्यक्ति किया

जिससे आज पूरा विश्व लाचार स्थिति पर है जनता कर्फ्यू किसी ऑर्डर से नहीं था किसी भय से नहीं था पहली बार दुनिया को संदेश गया कि मन से लोगों ने जनता कर्फ्यू का पालन किया यह संदेश विश्व के लिये है

प्रदेश में स्वेच्छा से लगाया गया जनता कर्फ्यू जारी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और प्रतिष्ठान बंद हैं दवाइयों की दुकानों अस्पतालों तथा कुछ अति आवश्यक प्रतिष्ठानों को छोड़कर सभी बाजार दुकानें तथा अन्य संस्थान पूरी तरह बंद है यहां तक कि पेट्रोल पंपों पर भी तालाबंदी की गई है रेल मेट्रो शासकीय बसें सिटी बसें तथा अन्य किसी भी प्रकार के वाहन सड़कों पर नहीं चल रहे हैं

लोग घरों में रहने की अपील करते हुए एक दूसरे को संदेश सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं लखनऊ में आए दिन व्यस्त और भीड़ भाड़ वाले हजरतगंज तथा अन्य इलाकों में सन्नाटा पसरा हुआ है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आहवान पर आज जनता कर्फ्यू का असर प्रदेश के सभी जनपदों में भी देखने को मिला हमीरपुर बदायूं अलीगढ़ बागपत पीलीभीत मरठ मिर्जापुर बलरामपुर भदोही चित्रकूट सहित सभी जनपदों में बाजार एवं पेट्रोल पम्प पूरी तरह से बंद रहे सड़कों पर दिन भर सन्नाटा रहा

दवा कंपनियों ने प्रधानमंत्री को आश्ववस्त किया कि भारत में सभी आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडार है और चिन्ता का कोई कारण नहीं है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

मुख्यमंत्री ने लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र लखनऊ कानपुर अलीगढ़ नोएडा वाराणसी मेरठ आजमगढ़ गाजियाबाद मुजफ्फरनगर लखीमपुर खीरी आगरा प्रयाग सहारनपुर बरेली और मुरादाबाद जिले में पच्चीस मार्च तक लॉक डाउन कर दिया है इस दौरान प्रदेश में रोडवेज बस सेवा बंद रहेंगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि वे अपने धार्मिक कार्यक्रम अनुष्ठान व पूजा घरों से ही करें उन्होंने लोगों से रात नौ बजे के बाद भी घर से बाहर न निकलने की अपील करते हये कहा कि वे आगे भी इसके लिये तैयार रहें

केवल मालगाड़ियों को ही चलने की अनुमति दी जाएगी आज मध्य रात्रि तक कम से कम संख्या में उपनगरीय रेलगाडियां और कोलकाता मैट्रो रेल सेवाएं चलाई जाएंगी आज सुबह चार बजे से पहले रवाना हुई रेलगाडियों को आगे की यात्रा पर जाने दिया जाएगा देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए मालगाडियों की सेवा भी जारी रहेगी

उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु सरकार पूरी तरह से तयार है उन्होंने कहा कि जनजागरण का कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है जिसमें लोगों को सैनेटाइजेशन एवं आपस में उचित दूरी बनाये रखने के प्रति जागरूक किया जा रहा हैं